उच्चतम न्यायालय मौजूदा स्थिति में दस प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा संविधान पीठ को भेजने के पक्ष में नहीं प्रदेश में सात चरणों में डाले जायेंगे सत्रहवीं लोकसभा के लिये वोट लगभग चौदह करोड़ चालीस लाख मतदाता मतदान के लिये हैं पंजीकृत जम्मू कश्मीर में प्लवामा आत्मघाती हमले का मास्टर माइंड मुठभेड़ में मारा गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सड़क यातायात स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चार परियोजनाओं का कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त रूप से उद्घाटन किया दोनों नेताओं ने बसों और ट्रकों की आपूर्ति छत्तीस सामुदायिक अस्पतालों का उदघाटन ग्यारह जल उपचार संयंत्र और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का बंगलादेश तक विस्तार जैसी विभिन्न परियोजनाओं की पट्टिकाओं का अनावरण किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा ये सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं ये प्रोजेक्स दर्शाते है कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे है फ्रैंड्स भारत और बांग्लादेश के लोगों के संबंध आत्मीयता और पारिवारिक भावनाओं से परियूर्ण संबंध है बांग्लादेश का विकास भारत के लिए खुशी का विषय तो है ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों ने न केवल परिवहन के क्षेत्र में बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी सम्पर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों के भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा बसों और ट्रकस की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एर्फोटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमिका अदा करेगी वॉटर ट्रीटमेंट प्लाट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएगे और कम्यूनिटी क्लीनिक से लगभग दो लाख लोग लाभान्वित होंगे जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सुश्री हसीना के साथ यह छठी वीडियो काफ्रेंसिंग बैठक है जो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ और मजबूत संबंध होने का प्रतीक है इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों को आपसी संबंधों की विशेषता को बरकरार रखते हए और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने चाहिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पदम प्रस्कार प्रदान किए समारोह में मलयालम अभिनेता मोहनलाल दक्षिण अफ्रीका के राजनेता प्रवीण गोवरधन सिस्को के पूर्व प्रमुख जॉन चैंबर्स सांसद हुकुमदेव नारायण यादव करिया मुंडा और सुखदेव सिंह ढींढसा तथा दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर को पदम भूषण से अलंकृत किया गया इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी हरिका द्रोणवल्ली टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल सामाजिक कार्यकर्ता भगीरथी देवी तथा मुक्ताबेन डगली अभिनेता प्रभुदेवा संगीत निर्देशक शंकर महादेवन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस जयशंकर किसान बाबू लाल दहिया तथा राजकुमारी देवी पुरातत्ववेत्ता दिलीप चकवर्ती और रूधिर रोग विशेषज्ञ मामेन चांडी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गये उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह मौजूदा स्थिति में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा संविधान पीठ को भेजने का आदेश देने के पक्ष में नहीं है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई अट्ठाईस मार्च को करेगी वह इस बात पर विचार करेगी कि यह मामला संविधान पीठ को सौंपे जाने की आवश्यकता है या नहीं निर्वाचन आयोग ने रमजान के महीने में लोकसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर कहा है कि इस दौरान भी चुनाव होंगे क्योंकि पूरे महीने को चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्योहार ईद और जुमे के दिन मतदान नहीं कराये जा रहे हैं तृणमुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रमजान के महीने में चुनाव कराये जाने पर सवाल उठाये हैं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर लोकसभा चुनाव के रमजान के पवित्र महीने में पड़ने पर राजनीति करने की आलोचना की है कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव के दौरान होली और नवरात्र के त्योहार भी पड़ रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई लोकसभा सामान्य निर्वाचन दो हजार उन्नीस की घोषणा के अनुसार राज्य में सात चरणों में अस्सी लोकसभा सीटो के लिये चुनाव कराये जायेंगे पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन आठ लोकसभा सीटों के लिये चुनाव होगा उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्वनगर शामिल हैं इन सीटो के लिए के लिए अट्ठारह मार्च को अधिसूचना जारी होगी और ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे दूसरे चरण में भी मतदान के लिये आठ लोकसभा क्षेत्र शामिल किये गये हैं जिनमें नगीना अमरोहा बुलंदशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा आगरा और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं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 इस चरण में चार निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित श्रेणी के हैं तीसरे चरण में मतदान के लिये दस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल किये गये हैं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 इन लोकसभा क्षेत्रों के लिए अट्ठाईस मार्च को अधिसूचना जारी होगी और तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा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 इनमें शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर शामिल हैं इनमें से पांच सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं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 पांचवें चरण में चौदह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैज़ाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इनमें चार आरक्षित क्षेत्र हैं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 छठे चरण में मतदान के लिये चौदह लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकरनगर श्रावस्ती ड्मरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही हैं यहां सोलह अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना और बारह मई को चुनाव कराया जायेगा इस चरण में दो आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं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 इनमें महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और रावर्टस्गंज क्षेत्र शामिल किये गये हैं यहां निर्वाचन की अधिसुचना बाईस अप्रैल को जारी की जायेगी और मतदान उन्नीस मई को सम्पन्न होगा इस चरण में दो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं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 जनपद खीरी के निघासन विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिये भी मतदान चौथे चरण में लोकसभा निर्वाचन के साथ सम्पन्न होगा प्रदेश में लोकसभा की अस्सी सीटों के होने वाले मतदान के लिये लगभग चौदह करोड़ चालीस लाख मतदाता पंजीकृत हैं जिनमें से सात करोड़ उन्यासी लाख पुरूष छह करोड़ इकसठ लाख महिला आठ हजार तीन सौ चौहत्तर थर्ड जेन्डर तथा सात लाख छियासी हजार पांच सौ बयालीस दिव्यांग मतदाता हैं जम्मू कश्मीर में पिछले इक्कीस दिनों में अट्ठारह आतंकवादी मारे गए हैं जिनमें जैश ए मोहम्मद गुट के चौदह आतंकी शामिल हैं श्रीनगर में कल संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में लेपिटनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों ने बताया कि जैश के कमांडर मुदस्सिर खान को पिंगलिस त्राल मुठभेड़ में मार दिया गया पुलवामा आत्मघाती हमले के षडयंत्र में उसकी मुख्य भूमिका थी श्री ढिल्लों ने बताया कि खालिद के कोड नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तानी मूल का दूसरा आतंकी भी मारा गया है